मुख्यमंत्री ने सभी सरकारी और निजी बालिकागृह छात्रावासों की सतत निगरानी और निरीक्षण के निर्देश दिये

प्रदेश से भी हजारों श्रद्वालु होगें शामिल

कमलनाथ मुख्यमंत्री कमल नाथ ने पूर्व की सरकार में और हाल ही में रतलाम जिले में जावरा स्थित बालिका गृह की रहवासी छात्राओं के साथ हुई ज्यादती और प्रताड़ना की घटना को गंभीरता से लिया है श्री नाथ ने सभी सरकारी और निजी बालिका गृह छात्रावास और बालिका सुधार गृह की सतत निगरानी और निरीक्षण करने के निर्देश दिये हैं मुख्यमंत्री ने कहा है कि पूर्व में भोपाल ग्वालियर और हाल ही में रतलाम के जावरा में रहने वाली मूक बधिर और निराश्रित मासूम बालिकाओं के साथ दरिंदगी की घटनाओं की जानकारी सामने आयी हैं सरकार ऐसी सभी घटनाओं पर सख्ती से पेश आयेगी और इसके लिये जो भी व्यक्ति जिम्मेदार होगा उस पर कठोर से कठोर कार्रवाई की जायेगी उन्होंने कहा कि इन आश्रम गृहों में राजनैतिक दखलंदाजी को बंद किया जायेगा ऐसी सभी संस्थाओं का सोशल ऑडिट होगा इनमें रह रही बेटियों से नियमित संवाद की व्यवस्था कायम की जायेगी ताकि समय रहते दरिंदगी और हैवानियत की घटनाओं पर सख्ती से रोक लगाई जा सके

भाजपा भारतीय जनता पार्टी आगामी आम चुनावों के लिए अपने घोषणा पत्र के लिए लोगों से सुझाव लेने के लिये आज एक महीने का अभियान भारत के मन की बात मोदी के साथ शुरू करेगी पार्टी प्रवक्ता संबित पात्रा ने कल पत्रकारों को बताया कि पार्टी अध्यक्ष अमित शाह और वरिष्ठ नेता राजनाथ सिंह राजधानी दिल्ली में इस अभियान का शुभारंभ करेंगे भाजपा राज्यसभा सांसद अनिल बालूनी ने कहा है कि पार्टी लोगों की राय लेने के लिए कई तरीकों से उनसे संपर्क करेगी उन्होंने बताया कि जनता की आकांक्षाएं और उम्मीदें मोदी सरकार के कार्यों का प्रमुख आधार रही हैं और इससे देश के करोड़ों परिवारों का जीवन स्तर सुधारा गया है

इस अवसर पर अकादमी के निदेशक उमेशचंद्र सारंगी समारोह में बतौर मुख्य अतिथि उपस्थित रहे मुख्य अतिथि ने सबसे पहले अजेय प्रहरी शहीद स्मारक पर पुष्प चक्र अर्पित कर श्रद्दांजलि दी उन्होंने परेड ग्राउण्ड पहुँचकर परेड की सलामी भी ली

यहां बड़ी संख्या में श्रद्वालुओं के आने की संभावना को देखते हुए प्रयागराज मेला प्राधिकरण पुलिस और रेलवे ने व्यापक प्रबंध किये हैं

वहीं प्रदेश में मुख्यमंत्री तीर्थ दर्शन योजना के तहत जबलपुर से प्रयागराज कुंभ की तीर्थ यात्रा पर जाने के लिये विशेष ट्रेन चलाई जा रही है अधिकारिक जानकारी के अनुसार इच्छ्क वरिष्ठ नागरिक अपने आवेदन कलेक्टर कार्यालय में और ग्रामीण क्षेत्र में जनपद पंचायत कार्यालय में आवेदन जमा कर सकते हैं

मुख्य सचिव कल प्रशासन अकादमी में कलेक्टर्स की बैठक को संबोधित कर रहे थे इस दौरान उन्होंने जिला कलेक्टरों को कृषि सहकारिता एवं अन्य संबंधित विभाग के अधिकारियों के लगातार संपर्क में रहने के निर्देश दिये शिवपुरी से हमारे संवाददाता ने बताया है कि जिले में भी किसानों से प्राप्त शिकायतों के निराकरण के लिये कंट्रोल रूम गठित किया गया जहां किसान अपनी समस्याओं को लेकर शिकायत कर सकते है उधर मुरैना में योजना में लापरवाही बरतने वाले पांच अधिकारियों को कलेक्टर के निर्देश पर जिला पंचायत सीईओ ने निलंबित कर दिया है